केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले के आवागमन को और सुरक्षित बनाने के लिए नए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे बल के महानिदेशक आर आर भटनागर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि काफिलों के गुजरने के दौरान यातायात नियंत्रण के साथ ही उनके समय में भी बदलाव किया जाएगा उनके रूकने के स्थान और मूवमेंट को लेकर अन्य सुरक्षा बलों जैसे सेना और पलिस के साथ समन्वय बनाया जाएगा गृह मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन किया है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को आवागमन के लिए हवाई यात्रा की सुविधा नहीं है मंत्रालय ने इससे संबंधित खबरों को असत्य बताया है मंत्रालय ने कहा है कि जम्म कश्मीर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से जवानों को यह सुविधा उपलब्ध है आवश्यकता पड़ने पर भारतीय वायु सेना भी जवानों को यह सुविधा उपलब्ध कराती है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर सोशल मीडिया में चल रही फर्जी तस्वीरों और पोस्टों को साझा नहीं करने का आग्रह किया है सीआरपीएफ ने ट्वीटर पर जारी एक परामर्श में कहा कि कुछ लोग पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की फर्जी तस्वीरें सोशल मीडिया पर र्फेला रहे हैं ऐसी तस्वीरों को साझा या पसंद नहीं किया जाना चाहिए सीआरपीएफ ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि कश्मीरी छात्रों को प्रताडित करने की खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए परामर्श में कहा गया है कि ऐसी तस्वीर और पोस्ट की सूचना वेबप्रो एट सीआरपीएफ डाट गोव डाट इन पर दी जा सकती है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पांच अलगाववादियों की सुरक्षा हटा ली है इनमें मीरवाइज उमर फारूक अब्दुल गनी भट्ट बिलाल लोन हाशिम कुरैशी और शब्बीर शाह शामिल हैं पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा और अन्य सुविधायें वापस लेने का फैसला किया गया अब किसी भी अलगाववादी को सुरक्षा नहीं दी जाएगी पुलिस इस बात का पता लगाएगी कि ऐसे और अलगाववादी तो नहीं हैं जिन्हें सुरक्षा या सुविधाएँ मिली हुई हैं और अगर ऐसा पाया गया तो उन्हें तत्काल वापस लिया जाएगा जम्मू कश्मीर भाजपा इकॉर्ड के अध्यक्ष रवीन्द्र रैना ने अलगाववादियों की सुरक्षा वापस लेने के सरकार के फैंसले का स्वागत किया है

पुलवामा आतंकी घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्वांजलि देने के लिये अखिल भारतीय व्यापार महासंघ कैट ने आज देशव्यापी व्यापार बंद का आहवान किया है इस दौरान देश के सभी थोक और खूदरा बाजार बंद रहेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए विकास की अनेक पहल की हैं

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर जयप्र आ रहे हैं भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि श्री शाह आदर्श नगर स्थित सूरज मैदान में पार्टी कार्यालय भूमि की शिला पटिटकाओं का लोकार्पण करेंगे उन्होंने बताया कि श्री शाह भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे वित्त मंत्री के रूप में दोबारा पद भार ग्रहण करने के बाद अरूण जेटली आज भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड की बैठक को संबोधित करेंगे इस बैठक में आरबीआई की ओर से केन्द्र सरकार को मिलने वाले अंतरिम लाभांश के मुददे पर चर्चा होने की संभावना है पिछले वर्ष में आरबीआई ने दस हजार करोड रूपए का अंतरिम लाभांश दिया था

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आज कुलभूषण जाधव के मामले में खुली सुनवाई शुरू करेगा

पहले दिन आज यादव के बचाव में भारत के वकील हरीश साल्वे की दलील पेश करने की संभावना है वहीं पाकिस्तान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता खावर क्रेशी कल अपनी दलील पेश करेंगे

केन्द्र सरकार द्वारा बजट में घोषित किसान सहायता योजना के लिए प्रदेश में कल से आवेदन किए जा सकेंगे इस योजना में किसानों को सालाना छह हजार रूपए की नकद सहायता राशि दी जाएगी फरवरी में इसकी पहली किश्त दो हजार रूपए जारी होगी राज्य सरकार ने कल इसके लिए चौमूं में प्रायोगिक रूप से लघ् सीमांत कृषक सेवा पोर्टल लांच किया

पोर्टल पर दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले सीमांत और लघु किसान ई मित्र केन्द्र पर आधार नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे ड्रंगरपर में आदिवासियों के महाकुंभ बेणेश्वर मेले में काफी संख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं

इधर जैसलमेर में चल रहे मरू महोत्सव में आज भी कई रोचक प्रतियोगिताए होगी वहीं शाम को कैमल टैटू शो आयोजित होगा और सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षित ऊंट अपना करतब दिखाएंगे